पिछले चौबीस घंटे के दौरान छह सौ बत्तीस नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर अठारह हजार नौ सौ सत्तर हो गई है जिसमें तेरह संक्रमितों की मौत हो चुकी है मरने वालों में पूर्वी सिंहभूम के नौ और चाईबासा के दो मरीज हैं रांची के रिम्स में दो मरीजों की मौत हुई है आज छह सौ निन्यानबे मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं जिसमें रांची के दौ सौ तैंतीस लोग शामिल हैं पूर्वी सिंहभूम के सतहत्तर रांची के बासठ पलामू के साठ गढ़वा उनचालीस रामगढ़ के तैंतीस देवघर के उनतीस सिमडेगा के उनतीस बोकारो के उनतीस लातेहार के सत्ताईस कोडरमा के पच्चीस गुमला के अट्ठारह सरायकेला के सत्रह हजारीबाग के चौदह धनबाद के पंचानबे साहेबगंज के पंद्रह पश्चिमी सिंहभुम बाईस गिरिडीह के दस दुमका के आठ खूंटी के सात लोहरदगा के छह चतरा के चार गोड्जा के तीन जामताड़ा के दो पाकुड़ के एक मरीज की कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने रिम्स कोविड अस्पताल में बेड से गिरे एक मरीज की तत्काल मदद नहीं करने के मामले को गंभीरता से लिया है मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री को मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है इसके साथ ही रिम्स प्रबंधन को इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो इसका निर्देश दिया है मुख्यमंत्री को सूचित किया गया कि रिम्स स्थित कोविड वार्ड में कोरोना संक्रमित और कैंसर पीड़ित एक मरीज बेड से नीचे गिर गया था लेकिन घंटों गुहार लगाने के बाद भी उसकी मदद नहीं की गई इधर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि कोरोना वारियर्स की प्रशंसा की है

झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा इसके लिए भवन की तलाश शुरू हो गई है आज झारखंड उच्च न्यायालय बिल्डिंग कमेटी के साथ झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन की हुई बैठक में इस पर सहमति बनी बैठक में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि राज्य के वकील भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं ऐसे में वकीलों के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर की जरूरत है इस सेंटर में चिकित्सकों के साथ सभी संसाधन भी उपलब्ध कराने की मांग की गई दरअसल उच्च न्यायालय के जजों कर्मचारियों के लिए अलग अलग कोविड केयर सेंटर पहले ही बनाया गया है उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तीन भवनों में सेंटर खोला गया है इसके बाद झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन मुख्य न्यायधीश डॉ रवि रंजन से अधिवक्ताओं के लिए कोविड केयर सेंटर की मांग कर रहा था

पाकुड़ जिले के कोरोना संक्रमित उनासी मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने अपने घरों को लौट चुके हैं

डॉक्टरों ने सभी को चौदह दिनों तक होम क्वारेंटीन में रहने का निर्देश दिया है उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि आज आई रिपोर्ट में से उनासी मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है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

वादी कृष्ण मुरारी चौबे ने क्वालीफाई मार्कस को प्राप्तांक में जोड़ने को गलत बताया है कैडर चयन में आरक्षण को लाभ नहीं देने के मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई इस मामले में न्यायालय ने जेपीएससी से जवाब मांगा है चंदन कुमार ने याचिका दाखिल कर कहा है कि रिजर्व कैटगरी से होने के बाद भी कैडर सेलेक्शन में आरक्षण का लाभ नहीं मिला धनबाद के वरीय आरक्षी अधीक्षक अखिलेश बी वारियर आज से अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं वे अगले एक साल तक अमेरिका में रहकर अध्ययन अवकाश पर रहेंगे श्री वारियर के छुट्टी पर जाने के बाद सिटी एसपी आर रामक्मार को प्रभार दिया गया है देवघर थाना क्षेत्र में पिछले सात जुलाई को अपहृत बाईस वर्षीय युवक की फिरौती के लिए अपहरण और उसके बाद हत्या के मामले का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित पांच अपराधियो को गिरफ्तार किया है साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल और मोबाइल को भी बरामद किया है

इस मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया है गुप्त सुचना के आधार पर ओरमांझी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल के पास खडे टक में छापा मारा

ओरमांझी थाना में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि स्टील की पत्ती लेकर जाने वाले टेलर में छुपा कर कई राज्यों को अफीम डोडा भेजा जाता था पुलिस हिरासत में लिए ड्राइवर और खलासी से पूछताछ कर रही है साहेबगंज जिले के कन्हैया स्थान में श्रीकष्ण जन्माष्टमी पर आज से तीन दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया है

दोनों मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेने के लिए गढ़वा के भंडरिया से चैनपुर के शाहपुर आ रहे थे घटना में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया रामगढ़ के थाना प्रभारी घुमा किस्क ने बताया है कि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ

घटना के बाद पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर पीएमसीएच में भेज दिया अब संक्षिप्त खबरें हजारीबाग कटकमसांडी मुख्य पथ पर बहिमर तेतरिया मोड़ के समीप सोमवार की देर रात लगभग दस बजे एक बाइक हादसे में दो युवको की मौत हो गई कटकमसांडी पुलिस ने आज शवों को पोस्टमार्टम के लिए एचएमसीएच भेज दिया राज्य की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा माझी ने आज सोनुआ के चमकपुर गाँव में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी का वृक्षारोपण किया मंत्री ने मौके पर मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान फलदार वृक्षारोपण कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं लोहरदगा जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढता जा रहा है सिविल सर्जन लोहरदगा की ओर से जानकारी दी गयी है कि जिले में आज कोरोना वायरस से छह नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है